मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने जिलाधिकारियों को सरकार के द्वारा विभिन्न स्थानों पर क्वारांटीन में रखे लोगों की सतत निगरानी रखने का निर्देष दिया है उन्होंने होम क्वारंटीन में रखे गये सभी लोगों पर भी निगरानी रखने को कहा है इसके लिए उन्होंने मुखिया सहिया और सेविका से लगातार फीडबैक लेने को कहा मुख्य सचिव कल झारखंड मंत्रालय में सभी उपायुक्तों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बातचीत कर रहे थे श्री सिंह ने ऐसे लोगों को मूलभूत सुविधा देने का भी निर्देश दिया है उन्होंने कहा कि क्वारेंटीन के दौरान लोग एक ही जगह रहकर परेषान न हों इसके लिए क्वारेंटीन सेंटर के किसी हॉल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए टीवी की सुविधा उपलब्ध करायें श्री सिंह ने उपायुक्तों से कहा कि समाज के कमर्जार वर्ग के लोगों के जीवन यापन की जरूरी चीजें और स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने को प्राथमिकता दें लॉक डाउन के दौरान भी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देते रहें मुख्य सचिव ने लॉकडाउन के दौरान गृह मंत्रालय की गाइड लाइन के अनुसार काम करने को कहा है उन्होंने कहा कि जिन्हें छूट दी गयी है उन्हीं को पास निर्गत किया जाए मुख्य सचिव ने अधिकारियों से यह भी कहा है कि झारखंड में कोरोना पॉजिटिव दो मामले आने के बाद सतर्कता और जागरूकता जरूरी है उन्होंने झारखंड में इसका प्रसार हर हाल में रोकने को कहा ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्रैक क्वारेंटीन आइसोलेट और टेस्ट कराकर महामारी को दूसरे स्टेज से आगे नहीं बढ़ने देना है हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि हमें तीसरे स्टेज की भी तैयारी रखनी होगी इसकी तैयारी के लिए सभी उपायुक्तों को हर जिले में दस से बीस सर्वे टीम का गठन करने को भी कहा मुख्य सचिव ने उपायुक्तों चिह्नित कोविड अस्पतालों में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा है राज्य में ऑक्सीजन की कमी नहीं है

इस कारण से चौबीस मार्च से चौदह अप्रैल तक के लिए देश में हवाई यात्रा ट्रेन मेट्रो बस और टैक्सी सहित आवागमन की सारी सुविधाएं बंद हैं एयर इंडिया ने टिकट बुकिंग की तारीख तीस अप्रैल तक के लिए सभी अंतरराष्ट्रीय और घरेलू फ्लाइट के लिए बंद कर दी गई है कंपनी ने अनुसार लॉकडाउन खुलने और सरकार के निर्णय के बाद ही बुकिंग प्रकिया षुरू होगी इधर कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए यात्री ट्रेनों को भी रद्द रखने की अवधि बढ़ाए जाने की संभावना है

साथ ही उन्होंने यह भी आगाह किया है कि अपने हाथों में अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर लगाकर दीया और मोमबत्ती न जलायें क्योंकि अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर ज्वलनषील होता है और ऐसे में खतरा हो सकता है केंद्र सरकार ने दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात में शामिल होने वाले नौ सौ साठ विदेशी नागरिकों पर प्रतिबंध लगा दिया है केन्द्रीय गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कल पत्रकारों को बताया कि इन विदेशी नागरिकों पर आपदा प्रबंधन कानून और विदेशी नागरिक कानून के प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जायेगी उन्होंने कहा कि मानक नियमों को पालन करते हये इन लोगों को स्वदेश वापस भेजा जायेगा उन्होंने कहा कि तबलीगी जमात में भाग लेकर वापस लौट चुके तीन सौ साठ विदेशी नागरिकों को प्रतिबंधित करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है श्रीमती श्रीवास्तव ने कहा कि पुलिस महानिदेशकों और पुलिस आयुक्तों से वीजा नियमों का उल्लंघन करने वाले विदेशी नागरिकों के खिलाफ आपंदा प्रबंधन कानून और विदेशी नागरिक कानून के तहत कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया है उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों से स्वास्थ्यकर्मियों को सुरक्षा मुहैया कराने को कहा है देश में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या दो हजार नौ सौ दो हो गयी है इनमें से एक सौ तिरासी लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दी जा चुकी है जबकि संक्रमण के दो हजार छह सौ पचास मामले अभी सक्रिय हैं

स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा है कि पिछले दो दिन के दौरान चौदह राज्यों से ऐसे छह सौ सैंतालीस लोगों में वायरस के संक्रमण की प्रष्टि हुई है जो नई दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात में शामिल हुए थे उन्होंने कहा कि इसके कारण देश में मरीजों की संख्या बढ़ी है हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ में राज्य का दूसरा कोरोना मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग मुस्तैद हो गया है हजारीबाग मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल से लेकर निजी नर्सिंग होम हजारीबाग आरोग्यम में मरीजों के इलाज के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के अधीक्षक डॉ केके लाल ने बताया कि कोरोना संक्रमित मरीज का इलाज किया जा रहा है यहां जरूरी सभी दवाएं उपलब्ध हैं विशेषज्ञ चिकित्सकों की पूरी टीम मौजूद है वहीं आरोग्यम के चीफ मेडिकल अफसर डॉ रजत चक्रवर्ती ने कहा कि प्रशासन के निर्देश पर अत्याधुनिक सुविधाओं वाला आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है जिले के उपायुक्त डॉ भुवनेश प्रताप सिंह ने कहा कि किसी भी मरीज को रिम्स रांची नहीं भेजा जायेगा यहां अन्य स्थानों के मरीजों को भी लाकर उनका इलाज किया जाएगा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

उन्होंने कहा कि अब देश में पांच सौ पचासी मंडियां ई नाम से जुड़ गयी हैं श्री अग्रवाल ने कहा कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन स्वास्थ्यकर्मियों के लिए बायोसूट विकसित कर रहा है वहीं गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पृण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि केंद्र ने राज्यों से स्वास्थ्यकर्मियों को सुरक्षा उपलब्ध कराने का निर्देष दिया है केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के लाभ जल्द से जल्द लाभार्थियों को उपलब्ध कराए जाएं

इन केंद्रों में गरीबों को एक वक्त का निः शल्क भोजन कराया जा रहा है अधिकतर मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित किए जा रहे हैं गरीब लोगों ने सरकार की इस पहल को लोगों ने सराहनीय कदम बताया है प्रतिदिन लगभग चार सौ लोग मुफ्त भोजन कर रहे हैं वहीं जिले के उपायुक्त मुकेश कुमार ने बताया कि उड़नदस्ता टीम प्रतिदिन जिले के इन केंद्रों की निगरानी भी कर रही है ताकि गरीबों को भोजन कराने में कहीं कोई लापरवाही या कोताही न हो

साकची और मानगो में लगाये गये बाजार में सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन किया जा रहा है सरायकेला खरसावां जिला प्रषासन कोरोना संकमण से बचाव को लेकर लोगों को लगातार जागरूकता कर रहा है लोगों को यह संदेष दिया जा रहा है कि मैं रुका हूं ड्यूटी पर आपके लिए आप रुको अपने घरों में प्रशासन के सहयोग के लिए जिला प्रषासन ने अपील की है कि कोरोना से न घबराएं क्योंकि सतकर्तता ही बचाव है कोरोना वायरस तब तक घर नहीं आ सकता जब तक आप स्वयं इसे बाहर लेने नहीं जाएंगे इसलिए घर में रहिए सुरक्षित रहिए लोहरदगा जिले में लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है जिला प्रषासन हर स्थिति पर नजर बनाये हुए है और लोगों से घरों में ही रहने की अपील कर रहा है

आदित्यपुर के जयप्रकाश उद्यान में लगवायी गयी अस्थाई सब्जी मंडी के दुकानदार साढ़े बारह बजे ही दुकान समेट ले रहे हैं जबकि जिला प्रशासन ने दिन के दो बजे दुकान लगाने का निर्देश जारी किया है इस संबंध में बताया गया कि यहां सब्जियां जमशेदपुर के साकची और जुगसलाई की मंडियों से आती है लेकिन दोनों जिलों में प्रशासन की सख्ती के कारण चेकनाकों से सब्जी लाने में परेशानी हो रही है पश्चिमी सिंहभूम जिले के आनंदपुर गुदड़ी क्षेत्र में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में तीन महिला नक्सली मारी गयीं इस मुठभेड़ में पुलिस ने कई हथियार भी जब्त किए हैं अंतिम समाचार मिलने तक पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत महथा घटना स्थल के लिए हुए रवाना हो चुके थे